इस दौरान जिलों के प्रभारी मंत्री भी अपने संबंधित जिलों में आयोजित होने वाले ऋण माफी शिविरो में उपस्थित रहेंगे

कल लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया गया कि सर्वे का काम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय करेगा सर्वेक्षण में मुख्य रूप से इन परिवारों की आय व्यय और कर्ज के बारे में जानकारी ली जाएगी

कल इस बारे में एनएचएम मिशन निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ठ शासन सचिव डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वाईन पलू की प्रभावी रोकथाम के लिये यह निर्णय लिया गया प्रदेश में इस बीमारी के लिये त्वरित जांच उचित दरों पर उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्रों की सहभागिता के उददेश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया गौरतलब है कि निजी अस्पतालों और निजी लैब में स्वाईन पलू की जांच की दरें चार से पांच हजार रूपये ली जा रही थी इस बारे में समित शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को भी निर्देश दिये गये है कि वे अपने अपने जिलों में निजी अस्पतालों की बैठक आयोजित कर इन्हीं दरों पर सहमति बनाये

राज्य सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में स्वाइनफ्लू के लिए अलग से आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिये है

लोग सवेरे नौ बजे से शाम चार बजे तक इस उद्यान में जा सकते हैं मुगल गार्डन अगले महीने की दस तारीख तक खुला रहेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की विज्ञप्ति में बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में अपनी कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद यह काम करना शुरु कर देगा

इसी के आधार पर आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जायेगा

वहीं नृत्य और थिएटर के क्षेत्र में भी नौ नौ कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया

पुरस्कार में ताम्रपत्र शॉल और एक लाख रुपये की राशि सम्मान स्वरूप प्रदान की गई

इसके लिए हनुमानगढ सिंचाई विभाग के अधिकारी रात में नहरों की गश्त करेंगे